मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहारों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करने के लिये अधिकारियों को दिये निर्देश

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मारीशस के पोर्ट लुई में पाणिनी भाषा प्रयोगशाला का किया उद्घाटन भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों को कल हरिद्वार में पूरे विधि विद्यान और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हर की पैड़ी पर गंगा नदी में विसर्जित कर दिया गया इस अवसर पर अटल जी के परिवार के सदस्यों के अलावा केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे इससे पूर्व कल पूर्वाह्न अस्थि कलश हरिद्वार पहुंचा जिसे पूरे राजकीय सम्मान के साथ सैन्य वाहन में गंगा के घाट तक अस्थि कलश यात्रा के रूप में ले जाया गया इस दौरान सड़क के दोनों ओर हजारों की संख्या में मौजूद लोग अपने प्रिय नेता के अस्थि कलश पर लगातार पूष्य वर्षा करते रहे दिवंगत नेता के अस्थि विर्सजन से पहले हर की पैड़ी पर बने एक विशेष मंच पर अटल जी के अर्थि कलश पर उनकी बेटी नमिता भट्टाचार्या एवं अन्य परिजनों के अलावा भाजपा अध्यक्ष अभित शाह केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने फूल चढ़ाकर उन्हें अन्तिम श्रद्वांजलि अर्पित की उधर प्रदेश में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी बाजपेयी की अस्थि कलश यात्रा कल स्थगित कर दी गई थी भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हीरो बाजपेयी ने आकाशवाणी को बताया कि अब अस्थि कलश इक्कीस अगस्त को लखनऊ पहुंचेगा इसके बाद राज्य के पचहत्तर जिलों की नदियों में अस्थियों के विसर्जन के लिए कलश यात्रा शुरू होगी उधर भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ महानगर कार्यालय में कल स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में शोक समा आयोजित की गयी इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने अटल जी के संस्मरणों को याद करते हुए अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की और कहा कि अटल जी का लखनऊ के हर छोटे बड़े कार्यकर्ताओं से बहुत स्नेह रहा उन्होंने यहां से पांच बार लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया श्रद्वांजलि सभा में दो मिनट का मौन रखकर ईश्वर से उनकी आत्मा की शान्ति के लिये प्रार्थना की गयी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये प्रदेश के अधिकारियों को निर्देश दिये कि त्यौहारों पर सुख्वा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किये जाए उन्होंने कहा कि ईद उल अजहा बकरीद एवं अन्य त्यैहारों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम के साथ साथ कानून व्यवस्था के समवन्ध में अधिकारी हर स्तर पर सतर्क रहे श्री योगी ने ईद के मद्देनजर सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध करने तथा हर स्तर पर त्यौहार को शान्ति पूर्वक सम्पन्न कराने सुरक्षा प्रबंध चाक चौबंध रखने तथा असामाजिक तर्वों पर कड़ी निगाह रखने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि परम्परा के विपरीत किसी भी कार्य को किये जाने की मंजूरी न दी जाए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि ईद उल अजहा के अवसर पर नमाज के समय मंदिरों में पूजा अर्वना के समय सतर्क दृष्टि रखी जाए उन्होंने अधिकारियों को ईद उल अजहा के दौरान पूर्व में हुयी घटनाओं की समीक्षा किये जाने के भी निर्देश देते हुये कहा कि असामाजिक तत्वों के विरूद्द निरोधात्मक कार्रवायी सुनिश्चित की जाए उन्होंने कहा कि इस अवसर पर साफ सफाई के विशेष प्रबंध निर्वाध विद्युत आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित की जाए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाल संरक्षण गृह महिला संरक्षण गृह आदि का नियमानुसार निरन्तर निरीक्षण करें उन्होंने कहा कि सभी स्तर के अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन प्राथमिकता के आधार पर करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ जनपद के मुसेपुर गांव के शहीद जवान दलवीर सिंह के परिजनों के लिए पच्चीस लाख रूपये की आर्थिक सहायता और शहीद के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा की है मुख्यमंत्री ने शहीद जवान दलबीर सिंह को भावमीनी श्रद्दांजलि अर्पित करते हुए कहा कि देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले इस वीर सपृत को हमेशा याद किया जायेगा उन्होंने शहीद जवान के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवदेना भी व्यक्त की है

यह इस कार्यक्रम की सैंतालिसवीं कड़ी होगी श्री मोदी ने टवीट कर कहा है कि लोग नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं वे टोल फ्री नम्बर एक आठ शुन्य शुन्य एक एक सात आठ शुन्य शुन्य पर कॉल करके हिन्दी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड कर सकते हैं रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेशों को कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कल मॉरीशस के महात्मा गांधी संस्थान में पाणिनि भाषा प्रयोगशाला का उद्घाटन किया इस प्रयोगशाला की स्थापना मॉरीशस को भारत सरकार की ओर से उपहार के रूप में की गयी है इससे मॉरीशस में समी भारतीय भाषाए पढ़ाने में मदद मिलेगी सम्मेलन के दूसरे दिन कल भाषा और संस्कृति से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किया गया उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने आगामी रक्षा बंधन के पर्व पर यात्रियों की सुक्विया के लिए चौबीस से उन्तीस अगस्त के बीच अतिरिक्त बसे चलाने का फैसला किया है ये बसे दिल्ली गाजियाबाद सहित कई रूटों पर चलाई जायेंगी इसके अलावा बकरीद के पर्व पर बाईस अगस्त को बहराइच सहित कई जिलों के लिए हर तीन मिनट पर एक बस चलाने का मी परिवहन निगम ने निर्णय लिया है पवित्र श्रावण मास के चौथे सोमवार को आज प्रदेश भर के शिव मंदिरों में जलामिषेक के लिये कांवरियों और श्रद्वालुओं की भारी भीड़ लगी है ब्रम्हमुहर्त से ही श्रद्धाल् देवाघिदेव भगवान शिव को जल चढ़ा रहे हैं वाराणसी इलाहाबाद और अयोध्या सहित सनी तीर्थ स्थलों में आज श्रद्वालुओं की भारी भीड़ देखी गयी

जलामिषेक के लिये कांवरिये और श्रद्वालु कल रात से ही पंक्तिबद्द हो गये थे अयोध्या में आज श्रद्वालुओं द्वारा पवित्र सरयू नदी में स्नान करने के बाद वहां के नागेखरनाथ और क्षीरेखरनाथ मंदिरों सहित विभिन्न शिवालयों में जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया जा रहा है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है राज्य में एक लाख से अधिक लोग अमी भी बाढ़ की चपेट में हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान बारिश से जूझी घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गई है और दो सौ से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित हैं प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए हैं और मक्य प्रदेश में हो रही बारिश के चलते मंदाकनी नदी के जलस्तर की लगातार निगरानी कर रहा है गोंडा बाराबकी बहराईच और फैजाबाद जिलों में घाघरा के किनारे बंसे दो सौ से अधिक गांव अभी भी पानी में पिरेहए है और सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं

सुशील चन्द्र तिवारी आकारावाणी समाचार लखनऊ